केन्द्र सरकार ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी देने की सजा वाले प्रावधान से संबंधित आपराधिक कानून संशोधन विधेयक दो हजार अठारह लोकसभा में पेश कर दिया है गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि हाल के दिनों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है विधेयक में महिलाओं से दुष्कर्म के दोषियों को न्यूनतम सजा सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने का प्रावधान है इसके अनुसार बारह वर्ष से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में बीस वर्ष की कैद या मृत्युदंड की सजा दी जा सकेगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों की स्पीडी ट्रायल करवायी जायेगी विधान परिषद ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऐसे मामलों के आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जायेगा मुजफ्फरपुर अल्पावास गृह मामले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना को राज्य सरकार ने ही उजागर किया और जो भी अब तक इस प्रकरण में आरोपी पाये गये वे जेल में है केन्द्र ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति चार हफ्ते में अपने सुझाव देगी उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित करने का भी निर्णय लिया है यह समिति अपने सुझाव प्रधानमंत्री को देगी उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय में एक से अधिक पत्नी रखने और निकाह हलाला जैसी रीतियों को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोन्द्र सरकार को नोटिस जारी करने के बाद इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया नई याचिका में उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि बहुपत्नी प्रथा और निकाह हलाला को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि इनका प्रचलन संविधान के अनेक अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है याचिका में कानून प्रक्रिया से हटकर तलाक लेना निकाह हलाला और एक से अधिक पत्नी रखने को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध घोषित करने की भी मांग की गई है राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देगी जिसके माध्यम से कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का उन्हें समेकित लाभ मिल सकेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस विशिष्ट पहचान संख्या से कम समय में पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के बैंक खाते में अनुदान की राशि भेजना संभव हो सकेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक फंड की राशि में बढ़ोतरी पर सहमति जतायी है पटना में एनडीए के विधायकों की बैठक में श्री कुमार ने कहा कि विधायकों की मांग और विकास कार्यों को देखते हुए सरकार फंड में वृद्धि के लिए काम कर रही है विधायकों की वेतन वृद्धि से संबंधित मांग पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में सूखे जैसी स्थिति है इसलिए विधायकों के वेतन में वृद्धि करना संभव नहीं है उन्होंने विधायकों को सूखे से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सात लाख परिवारों को घर बनवाने के लिए चार से पांच दिनों में पैसे उपलब्ध करवा दिये जायेंगे विधान सभा के अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि सरकार गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए गांवों में हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी प्रदेश में सूखे की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को निःशुल्क वैकल्पिक फसलों का बीज उपलब्ध करवायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर बीज वितरण किया जायेगा उन्होंने बताया कि राज्य बीज निगम को चौदह जिलों में तत्काल प्रभाव से बीज वितरण करने का निर्देश दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि बाकी बचे शेष चौबीस जिलों में अठाईस जुलाई तक मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में मॉनसून के बादल पहुंच जाने के कारण अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर तीन से चार सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी पुलिस महानिदेशक के॰एस॰ द्विवेदी ने फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों को आम लोगों का फोन उठाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी आम लोगों के फोन की अनदेखी नहीं कर सकते हैं श्री द्विवेदी ने कहा कि अधिकारियों को फोन पर मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी बेगूसराय के राजेन्द्र सेतु टोल प्लाजा के पास से एसटीएफ और डीआरई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से पांच क्विंटल गांजा जब्त किया है गांजे की यह खेप ओडिशा से लायी जा रही थी मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रदेश भर में आज से आईटीआई की परीक्षा शुरू हो रही है इसके लिए पैंतीस जिलों में दो सौ बाईस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं लगभग दो लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करेगा प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है बीएड में नामांकन के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की कांउंसलिंग सत्ताईस जुलाई से पटना के ज्ञान भवन में शुरू होगी इसके लिए छात्रों को शैक्षणिक और आरक्षण की दावेदारी से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की जांच शुरू कर दी है आयोग के सचिव ने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जायेगी पैंतालीसवीं बिहार राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता अठाईस जुलाई से प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जायेगी बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय ने बताया कि पहले जोनल स्तर के मुकाबले खेले जायेंगे उसके बाद जोनल के ग्रुप विजेता टीमों के बीच मुकाबला होगा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को नौ जोन में बांटा गया है श्रावणी मेले के अवसर पर गोरखपुर से देवघर के बीच सत्ताई जुलाई से छब्बीस अगस्त तक प्रतिदिन विशेष ट्रेन का परिचालन किया जायेगा इस ट्रेन का छपरा हाजीपुर शाहपुर पटोरी बरौनी मुंगेर और सुल्तानगंज ठहराव दिया गया है आरा में जहरीली शराब पीने से इक्कीस लोगों की मौत के मामले में आज निचली अदालत फैसला सुनायेगी इस मामले में कल ही फैसला आना था लेकिन आरा सिविल कोर्ट में कल काम काज नहीं हो पाने के कारण आज की तिथि तय की गयी है सारण जिले के दरियापुर स्थित रेल कारखाने के पास एक पेट्रोल पम्प कर्मी से हुई लूट की घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया इस दौरान आक्रोशित भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने शराबबंदी संशोधन विधेयक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है कानून में संशोधन मतलब शराबबंदी से समझौता नहीं दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है शराबबंदी का विरोध करने वाले दलित विरोधी प्रभात खबर लिखता है राफेल डील पर कांग्रेस लायेगी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दैनिक भास्कर की सुर्खी है किसानों का बनेगा यूनिक आईडी इसी पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है सूखा पीड़ित किसानों को हरसंभव मदद आज की सुर्खी है भीड़ की हिंसा पर सरकार सख्त बनी कमिटी